जबकि चम्बा कुल्लू और किन्नौर व लाहुल स्पिति जिले की ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है वर्षा व हिमपात से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में बाढ़ से भारी तबाही हुई है कुल्लू ट्रक यूनियन की पार्किंग बहने से दो ट्रक व दो कारें नदी में बह गई हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप खतरे की जद में आ गई है इस बीच जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी है वर्षा व हिमपात होने से किसानों व बागवानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई और राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये

स्वच्छता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुबह शिमला के रिज मैदान से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दिव्य हिमाचल समाचार पत्र द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके उन्होंने लोगों से स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने का आहवान किया उन्होंने इस तरह के प्रयासों को बेहद सराहनीय बताया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे

पंजाब केसरी का शीर्षक है मुसलाधार बारिश ने बरपाया कहर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आसमान से फिर बरसा कहर

जबकि अजीत समाचार की सुर्खी है बारिश बरपा रही कहर नदियां नाले उफान पर

प्रदेश में हुए सड़क हादसे पर दिव्य हिमाचल लिखता है तीन सड़क हादसों में आठ की मौत कैबिनेट बैठक आज बस किराया बढ़ोतरी के फैसले पर लगेगी मुहर शीर्षक से आपका फैसला लिखता है बैठक में उर्दू और पंजाबी के अध्यापकों के लिये भी नीति को लेकर बड़े फैसले के आसार अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर देनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय दांव पर जिन्दगी में हिमाचल में आत्महत्या के बढ़ते मामले को देखते हुए लिखा है कि अभिभावकों को चाहिये कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि वे खुलकर मन की बात उनके साथ कर सकें जिन्दगी अनमोल है और इसे यूं गंवाना समझदारी नहीं है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय विकास के वर्तमान से शिकायत में लिखता है कि हिमाचली निर्माण पर आई गुणवत्ता नियंत्रण दल की रिपोर्ट ने एक साथ कई महकमे की पोल खोल दी है विभागीय तौर पर आबंटित भूमि होने के कारण विभिन्न विभाग बिना किसी मानदंड व दक्षता के मनमर्जी से निर्माण करके सरकारी विकास का मजाक उड़ाते हैं